यह बात कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व सम्बद्ध खेलें संस्थान में प्रदेश में ईको पर्यटन की सम्मावनाओं पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन अवसर पर कही

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस भी मौजूद थे उद्योग मंत्री उद्योग श्रम एंव रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री खेल विकास योजना शुरू करने जा रही है जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक खेल का मैदान विकसित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियो के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है बादल चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ओरा पाटी पंचायत में मंगलवार देर शाम बादल फटने का समाचार है जिससे दो दुकानें व एक पनियार मलबे की चपेट में आ गए

इसके अलावा दस मवेशियों के पानी और मलबे की चपेट में आने की भी सूचना है ग्राम पंचायत ओरा पाटी के प्रधान संजय कुमार ने बताया कि इस घटना से मक्की आलू और राजमा की फसलों को भी नुक्सान पहुंचा है प्रशासन की टीम आज मौके का दौरा कर पूरे नुक्सान का आंकलन करेगी विकास ठाकुर चंबा विवेक मटिया बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने कल प्रशासन में दक्षता कार्यक्रम के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की उन्होंने ग्रामीण विकास के कार्यों में तेजी लाने के लिए आपसी तालमेल पर बल दिया उपायुक्त ने अधिकारियों से चंगर स्थित शहीद समारक के पुनः निर्माण के लिए सहयोग का आग्रह किया ताकि ये कार्य जल्द शुरू किया जा सके एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी के प्रदेश दौरे पर अमर उजाला ने लिखा है वीरभद्र ने प्रभारी से कहा प्रदेश संगठन में बदलाव जरूरी पंजाब केसरी के शब्द हैं रजनी पाटिल के समक्ष बोले प्रत्याशी भीतरघात से हारे दिव्य हिमाचल के अनुसार कौल सिंह फिर बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जबकि आपका फैसला और अजीत समाचार का लगभग एक सा शीर्षक है पार्टी प्रभारी ने माना कि प्रदेश कांग्रेस में है गुटबाजी

बिना अनुमति के छुटटी गए अध्यापकों पर होगी कार्रवाई दैनिक जागरण की खबर है जबकि हिमाचल दस्तक के अनुसार नपेंगे बिना मंजूरी छुटटी गए टीचर

इसी पत्र के अनुसार एमबीबीएस की एनआरआई कोटे की सीटों में हुई कटौती दैनिक भास्कर के अनुसार शिक्षा विमाग ने खाली पदों की डिटेल मांगी जल्द होंगी मर्तियां